आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हए श्री मोदी ने कहा कि हर किसी को अपनी और अपने परिवार की रक्षा करनी होगी उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय का संकल्प और नियम का पालन इस संकट से निपटने में सहायक होगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान नियम तोड़ने वाले अपने जीवन से खेल रहे हैं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से बचना म्श्किल हो जायेगा

इसलिए हमें ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जिनके बारे में विश्व इतिहास में पहले कभी नहीं सुना गया कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच लॉक डाउन का और कड़ाई से पालन कराया जा रहा है इंदौर के नव निय्क्त प्लिस उपमहानिरीक्षक हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की समस्या का समाधान पूरी तरह लॉक डाउन का पालन कराने से ही संभव है श्री मिश्र ने आज पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से कहा कि प्लिस बल यहाँ पूरी मुस्तेदी से लॉक डाउन का पालन करने में लगा हआ है

इस ऐप के माध्यम से वीडियो कॉल कर डॉक्टरी सहायता प्राप्त की जा सकेगी साथ ही आपातकालीन नंबर कोरोना पीड़ित का पंजीयन भोजन पैकेट पेयजल दवाइयां आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है उधर अशोकनगर कलेक्टर डॉ मंजू शर्मा ने बताया है कि शहर के हर वार्ड में नगरपालिका द्वारा निय्क्त दो दो वालेटिंयर घर घर जाकर गरीब असहाय एवं निराश्रित लोगों की सूची तैयार कर उन्हें खादयान्न एवं भोजन पैकेट की व्यवस्था करा रहे है

वहीं शासकीय उचित मूल्य द्रकान और मेडिकल द्रकानें प्रे समय ख्लेंगी नीमच में रेलवे स्रक्षा बल दवारा जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है आगरमालवा में अति आवश्यक वस्त्ओं की द्कानों के खोले जाने के समय में परिवर्तन किया गया है

श्री चौहान ने कहा कि जिन गरीब लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन भी सभी को राशन का गेहूँ और चावल मुफ्त में प्राप्त हो प्रदेश में गरीब एवं बेसहारा लोगों के लिए खाद्यान्न की समुचित व्यवस्था की जा रही है

म्ख्यमंत्री ने कहा कि गरीब जनता को राशन दिलवाने में जो व्यक्ति एवं सामाजिक संगठन मदद करना चाहते हैं वे किस प्रकार मदद करें इसके लिए भी सम्चित व्यवस्था बनाई जाए म्ख्यमंत्री ने आज शाम फेसब्क के जरिए प्रदेश के लोगों से बातचीत कर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया साथ ही सरकार दवारा की जा रही तैयारियों की जानकारी भी दी राहल पीएम पत्र कांग्रेस नेता राहल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ एकजुटता की भावना व्यक्त करते हए कहा कि उनकी पार्टी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में सरकार दवारा उठाए जा रहे कदमों में सहयोग करती है श्री राहल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में गरीबों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पूरी तरह से लॉकडाउन करने वाले अन्य बड़े देशों की त्लना में भारत को क्छ अन्य कदम भी उठाने चाहिए क्योंकि इसकी स्थिति बिल्क्ल अलग है श्री गांधी ने सरकार से आग्रह किया कि सामाजिक स्रक्षा को त्रंत सुदृढ़ किया जाए और गरीब कामगारों की सहायता तथा आश्रय के लिए सभी सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग किया जाए उन्होंने यह भी कहा कि वायरस के फैलाव की सही स्थिति जानने और उसे रोकने के लिए अधिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए पुलिस सम्मान प्रदेश में लॉक डाउन के दौरान प्लिस के द्र्वयवहार की खबरें सोशल मीडिया पर खूब प्रसारित की जा रही हैं लेकिन कई अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं राजगढ़ में तैनात एक कॉन्सटेबल दिग्विजय शर्मा अपनी ड्यूटी के लिए इटावा से करीब साढ़े चार सौ किलोमीटर का सफर पैदल तय कर राजगढ़ के पचौर पहंच गए

इससे विद्यार्थी रेडियो के माध्यम से घर पर भी नियमित अध्ययन कर सकेंगे यह शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रदेश स्थित सभी प्राथमिक प्रसारण केन्द्रों और विविध भारती केन्द्रों से एक साथ प्रसारित होगा उन्होंने पालकों से अपील की है कि अध्ययन की निरंतरता की दृष्टि से वे लॉक डाउन के दौरान भी विदयार्थियों को घर पर नियमित अध्ययन करने के लिये प्रेरित करें

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने इस दिशा में नेतृत्व करते हए देश को प्रेरणा दी है प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स कोष में योगदान के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सैलो ग्र्प टी सीरिज पेटीएम और अन्य संगठनों को धन्यवाद दिया है कोरोना दान प्रदेश में भी कोरोना वायरस से लड़ाई में जनप्रतिनिधियों से लेकर आम लोग तक सहयोग कर रहे हैं खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय सांसद नंदक्मारसिंह चौहान ने सांसद निधि से एक करोड़ रूपए की राशि कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के संसदीय क्षेत्र के अलग अलग अस्पतालों को देने की घोषणा की है वहीं सीधी में राज्य सभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने भी सांसद निधि से एक करोड़ रुपये तथा एक माह का वेतन प्रधान मंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है